राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ होना चाहिए श्री कोविंद ने आज राजस्थान के जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायिक समुदाय से अनुरोध किया कि वह समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करे उन्होंने जरूरतमंदों और वंचितों को विधिक सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए समारोह को संबोधित करते हये कोन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने जघन्य अपराधों को शीघ्रता से निपटाने के लिए देश में सात सौ चार फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की हैं उन्होंने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के कानून पॉक्सो के तहत एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक अदालते जल्द ही गठित की जायेंगी रक्षा मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज देशभर में चार सौ से अधिक स्थानों पर प्लॉगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया प्लॉगिंग का अर्थ जॉगिंग करते हुए रास्ते से कूड़ा कचरा साफ करते चलना है कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक कचरा हटाने और आसपास स्वच्छता बरतने के प्रति लोगों में जागरुकता लाना है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरूआत की उन्होंने कहा कि छह लाख से अधिक रक्षा कर्मियों एनसीसी कैडेटों और विद्यार्थियों ने इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने देश के सात सौ जिलों में दस करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण कर समाज को खूले में शौच की बूराई से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है उन्होंने लोगों से सभी स्तरों पर स्वच्छता और जागरूकता अभियान को जारी रखने की अपील की इधर प्रदेश के कई स्थानों पर भी प्लॉगिंग कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता अभियान चलाया गया नये जीएसटी रिटर्न पर राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया जानने के लिये आज जीएसटी फीडबैक दिवस का आयोजन किया गया इसका उद्देश्य अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू की जाने वाली नयी रिटर्न व्यवस्था के बारे में लोगों के विचार जानना था कर दाताओं सहित इसमें भाग लेने वाले लोगों ने इसे ज्ञानवर्द्धक पाया और कहा है कि इस तरह के आयोजन से उन्हें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने में मदद मिलेगी

जो मेरा सुझाव है एक बार अगर गर्वमेंट के पोर्टल या कहीं भी मैंने एक कोई इफोरमेशन डाल दी तो वो मेरे से दोबारा ने मांगे फॉर एग्जाम्पल मैंने इनवॉयस बनाया उसका ई वेब पोर्टल पर मैंने एंट्री कर दी

अब दोबारा आप कह रहे हैं कि मंथली रिटर्न मैं फिर दोबारा भरू मैं उसको तो वो अनजस्टीफाइड है

इस अवसर पर पटना के जीएसटी कार्यालय में भी फीड बैक दिवस का आयोजन किया गया जीएसटी के प्रधान आयुक्त आर मंगाबाबू ने बताया कि अगले साल से लागू होने वाली नई जीएसटी रिटर्न फाईलिंग सरल है और इससे व्यापारियों को काफी लाभ होगा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटनाओं को सख्ती से कुचलने का प्रयास कर रहा है देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में श्री सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ चार युद्ध लड़े हैं और चारो में उसे मुँह की खानी पड़ी है

इसके बावजूद आतंकवाद के खतरे के प्रति हमेशा सजग रहने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान में टेरीरिज्म स्टेट पॉलिसी होने के साथ साथ वहीं मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स भी इतने ताकतवर हो रखे हैं कि पाकिस्तानी रंगमंच पर स्टेट एक्टर्स की भूमिका कठपुतलियों से अधिक कुछ नहीं इधर गया के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भी सोलहवीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया इस अवसर पर छियानवे कैडेट्स सेना के अधिकारी के रूप में शामिल किये गये इस अवसर पर मुख्य अधिकारी के रूप में वियतनाम पीपल्स आर्मी के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नगो मिन्ह तिएन शामिल हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इस वर्ष तीस नवम्बर तक लगभग छत्तीस हजार करोड़ रूपये वितरित किये गये कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया है कि इस योजना से करीब सात करोड़ साठ लाख किसान लाभान्वित हुए हैं देश के मान सम्मान की रक्षा करने वाले शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सशस्त्र बलों के अदम्य साहस की सराहना करते हुये उनके परिवार को नमन किया उन्होंने लोगों से सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए योगदान करने का अनुरोध किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में ऑनलाईन या चेक के माध्यम से योगदान किया जा सकता है ये राशि आयकर से मुक्त होगी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सेना के जवानों को हार्दिक बधाई और श्रभकामनाएं देते हुये लोगों से सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए योगदान करने का अनुरोध किया है केन्दीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दो हजार बाईस तक देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए लोगों से मिल कर प्रयास करने का आहवान किया है श्री चौबे आज पटना में आयोजित दो दिवसीय न्यूट्री उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंन इस अवसर पर टीबी मुक्त बिहार के लिए टीबी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये बस प्रदेश के सत्ताईस जिलों का दौरा कर लोगों को टीबी से बचाव के लिए जागरूक करेगी पटना की एक दीवानी अदालत ने बकाया वसूली के एक मामले में राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों को जब्त करते हुए नोटिस जारी किया है मामले की अगली सुनवाई बीस दिसम्बर को होगी निगरानी विभाग ने वित्तीय अनियमितता के मामले में आज मुजफ्फरपुर के जिला निबंधन कार्यालय में छापेमारी की इस दौरान विभाग की छह सदस्यीय टीम ने कार्यालय से विभिन्न दस्तावेजों को जब्त किया भारत में ब्राजील के राजदूत ए ए कोरेया दो लागो ने आज राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान से शिष्टाचार मूलाकात की इस अवसर पर श्री लागो ने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा के दौरान बिहार सहित विभिन्न राज्यों में कृषि विकास की सम्भावनाओं के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर गम्भीरता से विचार किया जायेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर बाल्मिकीनगर पहुंचे उन्होंने अधिकारियों से बाघ अभ्यारणय के संबंध में जानकारी प्राप्त की श्री मोदी ने कहा कि अभ्यारणय में स्थित जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए और आकर्षित बनाया जायेगा शेखपुरा सदर प्रखंड के कुसुम्भा हाल्ट क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से चौदह सौ लीटर शराब बरामद की है वहीं जमुई के चकाई चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक वाहन से लगभग सात सौ बोतल विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है इधर अररिया में उत्पाद विभाग की टीम ने कालियागंज जहानपुर रोड पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से एक सौ सत्तर लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है घने कोहरे की आशंका को देखते हुये रेलवे ने डेहरी सासाराम लाईन की दो जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को सोलह दिसम्बर से दो फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया है डेहरी के स्टेशन प्रबंधक राजीव कमल ने बताया कि इस दौरान कोलकाता जम्मूतवी और राजगीर वाराणसी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है समस्तीपुर जिला सॉफ्ट बॉल क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित राम सेवक हजारी टी ट्वेंटी क्रिकेट ट्र्नामेंट के फाइनल मैच में बिहार टीम ने शेष बिहार को चौवालीस रनों से पराजित कर दिया सहरसा मानसी रेलखंड के सहरसा स्टेशन पर विशेष जांच अभियान में रेल सुरक्षा बल ने विभिन्न आरोपों में तीस लोगों को गिरफ्तार किया है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की नौवीं बटालियन की ओर से पटना के बिहटा में आयोजित कार्यक्रम में भागलपुर जिला के नेहरू युवा केन्द्र संगठन के उनसठ कार्यकर्ताओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया